सुहागिनों ने अपने पति की लम्बी उम्र की कामना के साथ निर्जला उपवास रखा है और उन्हें अब चांद के दीदार का इंतजार है मान्यता के अनुसार सुहागिनें चांद निकलने पर पूजा अर्चना के बाद जल ग्रहण कर अपना उपवास तोड़ती है ये त्यौहार पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है प्रदेश के बाजारों में आज खूब रौनक रही सोलन में महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और कई प्रतियोगिताएं करवाई गयीं राजधानी शिमला के एतिहासिक रिज मैदान पर भी करवा चौथ पर्व पर काफी चहल पहल है और यहां सैंकड़ों महिलाएं एक साथ चांद निकलने पर पूजा अर्चना के साथ अपना उपवास तोड़ेंगी

ऐसे में दोनों ही क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चरम पर है और भाजपा व कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रचार मे पूरी ताकत झोंक दी है खुलेआम चुनाव प्रचार में अब मात्र दो दिन शेष बचे हैं पच्छाद क्षेत्र के सराहां इलाके में सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जबकि सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने राजगढ़ के कई भागों में घर घर जाकर वोट मांगे इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आज राजगढ़ में एक आक्रोश रैली निकाली जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर धनीराम शांडिल विधायक विक्रमादित्य सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया कांग्रेस पार्टी ने आक्रोश रैली के माध्यम से चुनाव आचार संहिता की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर विरोध जताया कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि भाजपा आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है उधर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी ध्रंआधार प्रचार कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास कर रहे हैं पंचायती राज पंचायती राज व पश्पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि मिशन अंत्योदय के तहत हिमाचल को गरीबी से मुक्त किया जाएगा और इसके लिए गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं प्रैस क्लब शिमला में आज प्रैस से मिलिए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहले साल सरकार ने एक लाख परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और किसानों को अच्छी नस्ल की गाय व भैंसे उपलब्ध करवाई जाएंगी

मतदाता सत्यापन राज्य चुनाव विभाग ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को एक महीना और बढ़ा दिया है

उन्होंने कहा कि इस दौरान मतदाताओं की प्रविष्टियों में पाई गई नाम घर पता आयु लिंग और फोटो जैसी विसंगतियां दूर की जाएंगी उड़ान मेला किसानों और स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नाबार्ड द्वारा उड़ान मेले का आयोजन किया गया है ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज इस पांच दिवसीय मेले का शुभारम्भ किया

इनमें हिमाचल हरियाणा पंजाब राजस्थान मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार गुजरात और उत्तराखण्ड राज्य शामिल हैं मेले में पहाड़ी मसाले दालें और ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार किए गए हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शनी व बिक्री के लिए रखे गए हैं वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं व किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य सरकार स्थान सुनिश्चित करेगी और पर्यटन स्थलों व बस अड्डों में जल्द ही हिमाचल उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे

कार्यालय के लेखा अधिकारी हरीश जुल्का ने बताया कि इस दौरान राज्य सरकार के पैंशनरों की पैंशन सामान्य भविष्य निधि और ऋण संबंधी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा उन्होंने पैंशनरों से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पैंशन अदालत में भाग लेने का आग्रह किया है

हालांकि सड़क पर बर्फ पिघल चुकी है और बसों के अलावा अन्य वाहनों की आवाजाही जारी है बसें न चलने से लोग टैक्सीयों में भारी भरकम किराया देकर सफर करने पर मजबूर हैं लोगों ने सरकार से कुल्लू काज़ा मार्ग पर राज्य परिवहन निगम की बस सेवा जल्द बहाल करने की मांग की है